विधायक मौत जांच भाजपा विधायक भीमा मंडावी की माओवादी हमले में मौत की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया है एक सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश सतीश कुमार अग्निहोत्री है श्री अग्निहोत्री ने इस मामले की जांच के लिए राज्य शासन को अपनी सहमति दे दी है उल्लेखनीय है कि दंतेवाड़ा जिले के श्यामगिरी क्षेत्र में बीते नौ अप्रैल को एक माओवादी हमले में विधायक भीमा मंडावी के वाहन को बारूदी सुरंग का विस्फोट कर उड़ा दिया गया था इस हमले में स्वर्गीय मंडावी के साथ उनकी सुरक्षा में लगे चार जवान भी शहीद हो गए थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस घटना की न्यायिक जांच कराने की घोषणा की थी उच्चतम न्यायालय प्रधानमंत्री फिल्म उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन पर आधारित बायोपिक के रिलीज पर निर्वाचन आयोग द्वारा उन्नीस मई तक लगाई गई रोक के मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मुद्दा यह है कि क्या इस फिल्म को इस वक्त प्रदर्शित किया जा सकता है उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग ने इस बारे में जो फैसला किया है शीर्ष न्यायालय उसके खिलाफ कोई याचिका स्वीकार करने के हक में नहीं है माओवादी आगजनी कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा सड़क निर्माण कार्य में लगे दस वाहनों में आग लगाने का समाचार मिला है इसमें सात ट्रैक्टर एक ट्रक एक जेसीबी और एक पानी टैंकर शामिल हैं मिली जानकारी के अनुसार सिकसोड़ थाना क्षेत्र के कड़मे गांव के पास माओवादियों ने यह वारदात की बताया जाता है कि माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के साथ मारपीट भी की है वहीं बीजापुर जिले के आवापल्ली उसूर मार्ग पर भी माओवादियों ने दो ट्रैक्टरों को आग के हवाले कर दिया ईओडब्ल्यू छापा आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू की टीम ने आज आबकारी विभाग के पूर्व अधिकारी समुन्द्र सिंह के प्रदेश स्थित अलग अलग आठ ठिकानों पर छापा मारा है ईओडब्ल्यू के टीम ने आज तड़के समुन्द्र सिंह के रायपुर और बिलासपुर स्थित मकानों में दबिश देकर दस्तावेजों की जांच की बताया जाता है कि समुद्र सिंह आबकारी विभाग में संविदा आधार पर अधिकारी के रूप में पदस्थ थे राज्य में नई सरकार के गठन के बाद इस अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस नेता नितीन भंसाली ने ईओडब्ल्यू में इस अधिकारी के खिलाफ शिकायत की थी जिसके आधार पर छापा मारा गया है अंतिम समाचार लिखे जाने तक छापे की यह कार्यवाही जारी थी दुर्घटना बलौदाबाजार में बीती रात एक हाइवा और मोटर साइकिल के बीच आमने सामने से भिड़ंत हो गई यह दुर्घटना इतनी भीषण थी कि मोटर साइकिल पर सवार पांच बच्चों सहित छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई यह हादसा बलौदाबाजार बायपास पर हुआ मिली जानकारी के मुताबिक मोटर साइकिल पर सवार होकर ये सभी लोग बलौदाबाजार से पलारी की ओर जा रहे थे घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया

घटना के बाद से हाइवा चालक फरार है

उधर कोरिया जिले के सोनहत थाना क्षेत्र स्थित ललमट्टा शिवघाट के पास भी आज बरातियों से भरा एक वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया

इधर बस्तर जिले में झीरमघाटी के पास एक ट्रेक्टर के पलट जाने से उसमें सवार बारह से अधिक ग्रामीण घायल हो गए हैं इनका इलाज जगदलपुर के अस्पताल में चल रहा है

महिला और बाल विकास विभाग ने इस वर्ष भी समन्वित प्रयास और सामाजिक सहयोग से बाल विवाह रोकने की तैयारी कर ली है विभाग ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए सभी जिलों के कलेक्टर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं निर्देश में बताया गया है कि बाल विवाह करने वाले वर और वध् के माता पिता सगे संबंधी बाराती यहां तक कि विवाह कराने वाले पुरोहित पर भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बाल विवाह की सूचना ग्राम सरपंच पंचायत सचिव शिक्षक कोटवार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से दी जा सकती है इन्द्रावती बचाव अभियान बस्तर की इन्द्रावती नदी में जलस्तर काफी कम होने और चित्रकोट जलप्रपात में पानी का प्रवाह बंद होने से स्थानीय लोग चिंतित है इसे लेकर आज जगदलपुर में विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों और प्रबुद्धजनों की एक बैठक हुई इसमें यह निर्णय लिया गया कि जब तक इन्द्रावती नदी से बस्तर के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तब तक इन्द्रावती बचाओ अभियान के तहत आंदोलन जारी रखा जाएगा बैठक में शामिल लोगों ने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए समाज के सभी लोगों से सहभागिता की अपील की विराट वापसी बिलासपुर से छह दिन पहले अज्ञात लोगों द्वारा अगवा किए गए एक बच्चे को आखिरकार पुलिस ने ढूंढ निकाला है आज तड़के पुलिस की टीम ने विराट सराफ को सक्शल उसके घर पहुंचा दिया आज सुबह करीब पांच बजे जैसे ही विराट अपने घर लौटा परिवार में खूशी की लहर दौड़ गई पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है इस मामले के मुख्य आरोपी की तलाश जारी है पुलिस अधिक्षक अभिषेक मीणा ने बताया कि विराट को अगवा करने के बाद अपहरणकर्ताओं ने उसके परिजनों से छह करोड़ रूपए की फिरौती मांगी थी लेकिन पुलिस सक्रियता के चलते आरोपी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकें उन्होंने बताया कि विराट के अपहरण के बाद से ही पुलिस अमला सक्रिय था और जगह जगह तलाशी ली जा रही थी इस बीच खबर मिली कि शहर के जरहाभाटा इलाके में स्थित एक मकान में बीते छह दिनों से एक बच्चा लगातार रो रहा है तब पुलिस की टीम ने इस मकान में दबिश दी इस दौरान वहां एक महिला ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाई और मकान की तलाशी लेकर विराट को बरामद कर लिया मौके से पुलिस ने अपहरणकर्ता और उसके साथियों को गिरफ्तार किया है इसके साथ ही अपहरण के लिए इस्तेमाल किए गए वाहन को भी बरामद कर लिया गया है गौरतलब है कि छह दिन पहले जब विराट बिलासपुर स्थित अपने घर के बाहर साथियों के साथ खेल रहा था तभी अज्ञात लोगों ने उसे गाड़ी में जबरदस्ती बिठाकर अगवा कर लिया था पेयजल समीक्षा बैठक धमतरी जिले के नगरीय निकायों में पेयजल की आपूर्ति करने वाले टैंकरों में जीपीएस सिस्टम लगाकर निगरानी रखी जाएगी इस आशय के निर्देश जिला कलेक्टर रजत बंसल ने दिए हैं उन्होंने एक बैठक लेकर जिले में पेयजल की स्थिति की समीक्षा की बैठक में कलेक्टर ने मगरलोड विकासखण्ड में जलावर्धन योजना के तहत् बनाए जा रहे स्पॉटसोर्स और पाइपलाइन बिछाने का कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए श्री बंसल ने घरों में निजी पम्प के जरिए अनधिकृत रूप से पानी लेने वाले लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करने को कहा उन्होंने विशेष तौर पर वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट से निगम के विभिन्न वार्डों में की जाने वाली जलापूर्ति पर ध्यान रखने और पानी को लगातार उपचारित करने के निर्देश भी दिए अब पेश है मौसम का हाल राज्य के अधिकतर इलाकों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है मौसम विभाग ने आने वाले दो दिनों में लू जैसे हालत बनने की चेतावनी दी है इस दौरान रायपुर दुर्ग और बिलासपुर संभाग के कुछ स्थानों पर लू चलेगी आज बिलासपुर का तापमान चौवालीस डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि राज्य में सबसे अधिक रहा वहीं राजधानी रायपुर में भी आज पारा तिरालीस डिग्री सेल्सियस के पार चला गया वहीं इसमें अभी और बढ़ोतरी होने की आशंका है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के विशेषज्ञों ने बताया कि अगले अड़तालीस घंटों में झुलसाने वाली गर्मी पड़ेगी और गर्म हवाएं चलेंगी पिछले वर्ष अप्रैल महीने की तुलना में इस वर्ष का तापमान अधिक है चिकित्सकों ने भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों को ऐहतियात बरतने की सलाह दी है लोगों से कहा गया है कि वे जरूरी होने पर ही दोपहर के समय घरों से बाहर निकलें साथ ही गर्मी से बचने के लिए स्कार्फ और चश्में आदि का इस्तेमाल जरूर करें संक्षिप्त समाचार रायपूर पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच में करोड़ो की सट्टा पट्टी खिलाने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है इनके पास से तीन मोबाईल फोन एक एलईडी एक सेटअप बॉक्स और तीन हजार से अधिक की नगद बरामद की गई है रायगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज एक कमरे की फॉल्ससिलिंग का हिस्सा गिरने से एक एएसआई और एक आरक्षक घायल हो गए हैं कोरिया जिले के उजियारपुर गांव में खेलने के दौरान जहरीले सांप के काटने से एक बच्चे की मौत हो गई है

राज्य के परीक्षा केन्द्रों में पीईटी की परीक्षा सुबह नौ बजे से और पीपीएचटी की परीक्षा दोपहर दो बजे से शुरू होगी